श्री सिंह ने कहा कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का आधार है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उत्पन्न स्थिति के बारे में आज लोकसभा में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि भारत मौजूदा स्थिति को बातचीत से हल करने के प्रति गंभीर है रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि भारत तीन प्रम्ख सिद्वांतों पर गंभीर रुख अपनाए हुए है उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का प्री तरह सम्मान करना चाहिए और किसी को भी एकतरफा कार्रवाई करके स्थिति बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सभी समझौतों को पूर्णता के साथ अमल में लाना चाहिए उन्होंने सदन से उन सशस्त्र बलों के हित में एक प्रस्ताव पारित करने को भी कहा जो खराब मौसम की स्थितियों में भी ऊंचाई वाले स्थानों पर मातभूमि की रक्षा में डटे हैं श्री सिंह ने कहा कि इस वर्ष की स्थिति यद्यपि पहले से भिन्न है और टकराव वाले स्थानों पर सैनिकों की तैनाती भी अलग तरह की है परंत् फिर भी भारत समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों द्वारा किया गया उग्रतापूर्ण व्यवहार पिछले सभी समझौतों का उल्लंघन है श्री सिंह ने कहा कि हालांकि चीन ने अपने सैनिकों की बड़ी संख्या और हथियार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया है परंतु भारतीय सेना सीमा पर उत्पन्न हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है

एक ट्वीट करते हुए श्री खाण्डू ने बताया उसकी कोरोना जांच में पॉजिटिव आई है और वे एसिम्टमेटीक है उन्होंने बताया कि वह मानक संचालन प्रक्रिया के अन्सार और अन्य लोगों की स्रक्षा के लिए अपने आप को अलग थलग रखा हआ है

गौरतलब है कि म्ख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अधिकारिक दौरे पर है और उन्होंने सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ बैठक भी की थी म्ख्यमंत्री नई दिल्ली में अरुणाचल भवन में अपने आप को अलग थलग रखे हए है

एक सौ सत्तर नए मामलों में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक सत्तासी मामले दर्ज किया गया जबकि पाप्मपारे से सत्रह वेस्ट कामेंग से पंद्रह चांगलांग से दस तवांग और लोअर स्बनसिरी से सात सात लोअर दिबांग वैली और ईस्ट सियांग से पांच पांच वेस्ट सियांग और लोंगडिंग से चार चार और नामसाई तिरप लोहित अपर स्बनसिरी तथा पाके केसांग से दो दो नया मामला सामाने आया है वहीं चांगलांग जिले से दो और लोगों के मृत्य् की रिपोर्ट है दोनों मृतकों में से एक मियाओ से तिरसठ वर्षीय बुजुर्ग महिला थी जो क्रोनिक अस्थमा और गैस्ट्रिटिस से पीड़ित थी उसे तेरह सितंबर को जिला अस्पताल तेजू में भर्ती किया गया था और बाद में डी सी एच पासीघाट में भेजा गया था पासीघाट जाते समय उसकी मृत्यु हो गई वहीं द्सरा खारसंग से बावन वर्षीय ब्ज्र्ग आदमी था जो टर्मिनल स्टेज कैंसर से पीड़ित था और उसकी घर पर ही मृत्यु हो गई अब तक राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ पंचानबे है

वहीं सार्वजनिक स्थान पर थूकने के लिए एक व्यक्ति पर दौ सौ रुपये का ज्र्माना लगाया गया

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से मानक संचालन प्रक्रिया एस ओ पी का पालन करने और वायरस के प्रसार को रोकने में सहयोग देने का आग्रह किया है

उन्होंने एक वैबिनार में भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैंबर्स संघ फिक्की के सदस्यों से यह बात कही